भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खाताधारकों के लिये आज से कई बदलाव किये

बिहार विधानसभा में पेश भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि वर्ष दो हजार सोलह सत्रह के दौरान लक्ष्य से तैंतालीस हजार करोड़ रूपये कम खर्च किये गये

इसके तहत एसबीआई के जिन खाताधारकों का मोबाईल नम्बर खाते से लिंक नहीं है उनकी नेट बैंकिंग की सेवाएं बंद कर दी गयी हैं बैंक ने अपना वॉलेट बडी भी बंद कर दिया हैं साथ ही वैसे बुजुर्ग पेंशनधारी जो बैंक की शाखा से पेंशन तो लेते हैं लेकिन अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है उनका पेंशन अब रूक जायेगा सब्सिडी वाली रसोई गैस के मूल्य में छह रुपये बावन पैसे प्रति सिलेंडर की कमी की गई है वहीं गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस के मूल्य में भी एक सौ तैंतीस रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है नई दरें आधी रात से लागू हो गयी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कर प्रभाव और ईंधन की बाजार दर में कमी के कारण ऐसा किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने और रुपये के मजबूत होने से ऐसा संभव हुआ है राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिये सरकार किसानों को नब्बे प्रतिशत अनुदान देगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के लिये पचपन प्रतिशत और समान्य किसानों के लिये पैंतालीस प्रतिशत अनुदान की सीमा तय की है लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि बढ़ाकर किसानों को नब्बे प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है कृषि मंत्री ने कहा कि स्प्रींकलर सिंचाई पद्धति के लिये पहले की तरह पचहत्तर प्रतिशत अनुदान मिलेगा उन्होंने बताया कि किसानों को अनुदान का भुगतान करने के लिये उद्यान निदेशालय ने एक्सिस बैंक के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति और उसके सदस्यों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है डीएम कोर्ट के आदेश पर ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और समिति की पदधारक प्रोफेसर कुमारी आशा के घर पर नोटिस चिपकायी गयी है इस बीच यदि साहू रोड स्थित बालिका गृह को ध्वस्त नहीं किया गया तो मुजफ्फरपुर नगर निगम दस दिसम्बर के बाद इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि शीघ्र ही वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर एनडीए में रहने या छोड़ने के बारे में फैसला करेंगे उन्होंने कहा कि चार पांच और छह दिसम्बर को वाल्मीकिनगर में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बारे में घोषणा की जायेगी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बैंकों से कहा है कि वे आधार आधारित भुगतान प्रणाली बंद नहीं करें क्योंकि इससे कल्याणकारी लाभ पहुंचाने की दिशा में बाधा उत्पन्न हो सकती है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजे गये एक पत्र के बाद प्राधिकरण ने यह स्पष्टीकरण दिया स्टेट बैंक ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को आधार आधारित भुगतान प्रणाली बंद करने के आशय की सूचना दी थी

और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अगल खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है बिहियां कांड में बीस को कैद की सजा दैनिक जागरण की सुर्खी है बयालीस साल बाद रणजी में बिहार को मिली जीत प्रभात खबर ने लिखा है प्रेरणा दिवस पर ग्यारह राज्यों के दो सौ छह शहरों में कुल ग्यारह हजार सात सौ छिहत्तर यूनिट रक्त दान हुआ

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खाताधारकों के लिये आज से कई बदलाव किये